उन्होंने कहा कि सुरक्षित दृरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्मर निधि पी एम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि जन धन आय्ष्मान उज्ज्वला और पी एम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने द्निया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहंच रहे हैं और यह सरकार के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है इसके तहत न सिर्फ तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती है श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर क्छ लामार्थियों से बातचीत की आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले दस हजार रुपयों से उन्हें फल और सब्जियों का कारोबार फिर से श्रू करने में सहायता मिली वाराणसी के लामार्थी अरविंद ने श्री मोदी को बताया कि वह दुर्गाकृंड में मोमोज और कॉफी बेचते हैं अरविंद ने कहा कि स्वनिधि योजना के तहत मिली राशि से उन्हें काफी मदद मिली है और इसकी औपचारिकताए पूरी करने के लिए अधिकारियों के पास भी नहीं जाना पड़ा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर नबे दशमलव छह दो प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग तिरसठ हजार रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से अब तक बहत्तर लाख से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घटों में कोविड के छत्तीस हजार चार सौ उनहत्तर नये मरीजों की पुष्टि हुई है देश में इस समय कोविड के करीब छह लाख पच्चीस हजार सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से चार सौ अटठासी व्यक्तियों की मृत्यु हई इनमें से अस्सी प्रतिशत मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से थे पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में नौ लाख अट्ठावन हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई इसे मिलाकर देश में अब तक दस करोड़ चौवालिस लाख नमूनों की जांच हो चुकी है उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस द्ष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जांच के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा